घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हये उन्होंने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी लखनऊ में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की नीव उन्नीस सौ पचपन में ही पड़ गयी थी और उस समय कॉप्रेस की सरकार थी इसलिये कॉप्रेस इसके लिये सीधे तौर पर जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि वाराणसी जोन के एडीजी पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर दस दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस क्षेत्राधिकारी उपजिलाधिकारी इंस्पेक्टर एक संबइंस्पेक्टर और बीट कांस्टेबल को निलम्बित कर दिया गया है से से उच्चतम न्यायालय ने उन्नीस सौ बानबे में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश से आज से नौ महीने के अंदर फैसला सुनाने को कहा है

पीठ ने प्रदेश सरकार को विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के लिए समुचित आदेश चार सप्ताह के अंदर जारी करने का भी निर्देश दिया विशेष न्यायाधीश तीस सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं श् उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा राष्ट्रीय जनसंख्या गणना की बजाय राज्यवार जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर करने की मांग वाली याचिका में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से मशिवरा मांगा है भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने न्यायालय में यह जनहित याचिका दायर की है पीठ ने उपाध्याय से याचिका की प्रति अटॉर्नी जनरल के कार्यालय भेजने को कहा है और सुनवाई चार सप्ताह बाद सूचीबद्व की है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार समावेशी समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है और देश को दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है वे आज नई दिल्ली में एनर्जी होराइजन्स दो हजार उन्नीस को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पन्द्रह अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को देखते हुए इन पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों न समाप्त कर दिया जाए कल जारी इस नोटिस पर अगले महीने की पांच तारीख तक जवाब मांगा गया है चित्रकूट मंडल के चारों जनपद महोबा बांदा हमीरपुर और चित्रकूट में प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत अड़तालीस हज़ार तीन सौ छत्तीस महिलाओं को लाभान्वित किया गया है

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिये प्रचार प्रसार के साथ साथ अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराया जाता है

कल उद्घाटन सत्र में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए कुलपतियों ने भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा की रूपरेखा तय करने और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया इक्कीस जुलाई तक चलने वाले सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव पर विचार किया जा रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पं मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक मिशन के तहत आयोजित सम्मेलन में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के उन्नीस कुलपति और निदेशक हिस्सा ले रहे हैं साथ ही छः पूर्व कुलपति और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू के पूर्व अध्यक्ष भी सम्मेलन में अपने अनुभव को साझा कर रहे है सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार उन्नीस के प्रारुप गुणवत्ता निर्धारण उच्च शिक्षा का पैमाना छात्रों की समस्या आदि मुद्दों पर चर्चा हो रही है